इसका आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा हिन्दी प्रसारण के त्रंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा जिसे रात आठ बजे क्षेत्रीय भाषाओं में दोबारा सुना जा सकता है शिवराज मदद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में लॉक डाउन के दौरान जमीनी स्तर पर की गई तैयारियों का जायजा लिया श्री चौहान कल कई इलाकों में गए और लोगों की सेवा में लगे स्वास्थ्य कर्मियों पुलिस कर्मियों और नगर निगम कर्मियों से बात की मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर रह रहे विद्यार्थियों और मजदूरों से कहा है कि वे भी चिन्ता न करें

वहीं विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में वहां रह रहे मध्यप्रदेश के निवासियों के लिए भोजन सहित जरूरी सामान म्हैया कराने का अन्रोध किया है म्ख्यमंत्री ने इऩ राज्यों से समन्वय की जिम्मेदारी दो अधिकारियों को दी है

प्रदेश कोरोना राज्य सरकार ने उन खबरों का भी खंडन किया गया है जिनमें एक अप्रैल से घरों के बाहर ताले डाले जाने की अफवाहें फैलाई जा रही थी आधिकारिक जानकारी में कहा गया है कि संक्रमण से उत्पन्न संकट के हालात में सोशल मीडिया पर झूठी खबर और अफवाह फैलाकर लोगों में इस तरह तनाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है

धार में कोरोना वायरस बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए आवश्यक जानकारी के आदान प्रदान के लिए जिला चिकित्सालय में टेलिमेडिसीन यूनिट का गठन किया गया है

पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी डॉ विनय सहस्त्रब्द्वे ने शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष विष्ण्दत्त शर्मा एवं प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ ऑडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान यह बात कही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

ग्ना जिले में रसोई गैस सिलेण्डर उपभोक्ताओं की स्विधा के लिए उपभोक्ता अपने गैस सिलेण्डरों की आवश्यकता सीधे अपने क्षेत्र के डीलर के मोबाईल नंबरों पर भी दे सकेंगे

सतना जिले मे लोगो को सुविधा के लिए चार एम्ब्लेंस वाहन एवं समबन्धित स्टाफ को तैनात किया गया है शिवप्री में स्थानीय समाजसेवियों ने पोहरी बाईपास पर ग्जरात से ऑटो में बैठकर अपनें घरों की तरफ लौट रहे मजदूरों को भोजन कराया